श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यो की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्वसेवा की है गरीबोंको शौचालय देने वाला अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो माताओं बहनों को लकड़ी के धुंए से बचाने वाली उज्ज्वलागैस योजना हो हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का कामकिया है सकारात्क काम किया है महामारी को इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियानमें भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है प्रधानमंत्री कल वीडियो काफ्रेंस के जरिये जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबृद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था किसीभी समाज में समाज का प्रबुध वर्गसमाज के लेखक या साहित्यकार ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं एक प्रकारसे समाज के शिक्षक होते हैं स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है प्रतिदिन चलती है इसमें बड़ी ही अहम भूमिकापुस्तकों और लेखकों की भी है प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी में पठन पाठन की आदत पैदा करने का भी आग्रह किया आजटेक्सट और ट्वीट के इस दौर में ये और ज्यादा जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञानसे दूर न हो जाए और मैं हर परिवार से आग्रह करता हूं कि घर की रचना के समय आर्किटेक्चरको जरूर कहिए कि एक कोना ऐसा भी होजिसमें अच्छी अच्छी कितार्वे रखी हों और परिवार का हर व्यक्ति समय निकालकर दिन में एक बारउन किताबों के पास जाए किताबों को हाथ लगाएएक आध दो पेज एक आध दो लाइन जरूर पढ़ने की आदत बनाए श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत की आवाज को अब और ध्यान से सुन रहा है आजहम जब आत्मनिर्मर भारत की बात कर रहे हैंआज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्पको एक बड़े अभियान की राक्ल दे रहा है हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरतहै

ऐसे में भारतीय मीडियाको भी ग्लोबल होने की जरूरत है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के मददेनजर हर रविवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी को अब समाप्त कर दिया गया है इसके स्थान पर बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कोविड नाइन्टीन पर एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के साथ आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जाये उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल और रेस्टोरेंट का संचालन शुरू किया जाये इन गतिविधियों में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाये मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड टेस्ट कराने के भी निर्देश दिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस में सुधार करके शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर एक वर्चअल कार्यक्रम में श्री निशंक ने कहा कि सरकार संगठनों ग्रामसभाओं और अन्य हितधारकों को इस लक्ष्य को प्राप्त करनेके लिए एक मिशन के रूप में काम करना होगा उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से हर दो महीने में साक्षरता कार्यक्रम की समीक्षा करने को कहा श्री निशंक ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी साक्षर नहीं है उन्होंने कहा कि इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई नीति देश की मान्यताओं और मूल्यों पर आधारित है उन्होंने कहा कि हर आदमी को कम से कम एक व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए श्री निशंक ने आशा व्यक्त की कि दो हजार तीस तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान के नाम से नई साक्षरता योजना आगे बढ़ रही है कार्यक्रम कामुख्य लक्ष्य देशमर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पन्द्रह वर्ष तक के अशिक्षित बच्चों और उससे अधिक उम्र के सत्तावन लाख व्यस्कों को शिक्षित करना है

इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समझौते को एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि प्रदेश में अट्ठारह जनपदों के दो सौ चार विकासखंड इस एमओयू के साथ जुड़ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि प्रदेश के आठ सौ पच्चीस विकासखंडों को चरणबद्ध तरीके से इसके साथ जोड़ा जायेगा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अलीगढ़ औरैया बांदा बिजनौर चन्दौली फिरोजाबाद इटावा गोरखपुर कन्नौज लखीमपुर खीरी लखनऊ मैनपुरी मिर्जापुर प्रयागराज सुल्तानपुर और उन्नाव पहले चरण में जुड़ेंगे इस समझौते के माध्यम से तीन हजार से अधिक स्वयं सेवी समूहों की महिलाए लाभान्वित होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को इस एमओयू के बाद कार्य की कमी नहीं रहेगी प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के छः हजार सात सौ तैंतालिस नये मामले सामने आने के बाद अब तक क्ल पुष्ट रोगियों की संख्या दो लाख अठहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर हो गई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस समय प्रदेश में तिरसठ हजार दो सौ छप्पन सक्रिय रोगी है अब तक दो लाख ग्यारह हजार एक सौ संत्रह रोगी कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं इस बीमारी से प्रदेश में चार हजार सैंतालिस लोगों की मौत हुई है राज्य में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान सबसे ज्यादा आठ सौ सत्तासी कोरोना के मामले राजधानी लखनऊ में पाये गये जहां कल तक कुल पुष्ट रोगियों की संख्या चौंतीस हजार तीन सौ तैंतीस हो गई कानपुर में चार सौ इकत्तीस नये रोगी मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या सत्रह हजार आठ सौ इक्यावन हो गई है लखनऊ प्रशासन ने फोन कॉल पर सेनिटाइजेशन की व्यवस्था श्रू की है जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि किसी भी स्थान कार्यस्थल या अपार्टमेंट जहां कोविड नाइन्टीन के संक्रमित मरीज हैं शुन्य पांच दो दो दो तीन शून्य सात सात सात शून्य पर फोन करके वहां सेनेटाइजेशन की इस सेवा का लाभ लिया जा सकता है सेनेटाइज करने वालों की टीम बारह से चौबीस घंटे के भीतर वहां पहुंच जाएगी और उस जगह को मुफ्त में सेनेटाइज कर देगी जिला अधिकारी ने अपने कार्यालय की दीवार पर पोस्टर लगाकर इस सेवा के संबंध में जागरूकता अभियान शुरू किया है

विश्व का औसत तीन हजार पांच सौ सत्ताईस है जबकि भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर कोविड मामलों की संख्या तीनहजार एक सौ दो है कल नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविड नाइन्टीन संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी लगातार बढोतरी हो रही है भारत में इस महामारी से प्रति दस लाख जनसंख्या पर केवल तिरपन मौतें हो रही हैं जबकि विश्व का औसत एक सौ पन्द्रह का है